गृह मंत्रालय इसके लिये देश की पांच प्रीमियर जांच और सुरक्षा एजेंसियों को मिलाकर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स एमडीटीएफ का गठन कर रही है जो नक्सलियों की साजिश और हमलों के साथ साथ धन उगाही के मामलों की फुलप्रफ जांच करेगा इस दल में प्रवर्तन निदेशालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज खुफिया राजस्व निदेशालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी को शामिल किया गया है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी करते पाये जाने पर दो से सात साल तक का प्रतिबंध लगेगा आयोग के अनुसार कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में सफलता के लिये गलत साधनों को सहारा लेते हैं जिसके कारण यह यह कदम उठाया गया है परीक्षार्थी अगर परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात बाहर ले जाते हैं तो दो साल का प्रतिबंध होगा जबकि परीक्षा को रोकने और गलत आरोप लगाने या नियम के विरूद्ध एक ही परीक्षा में दोबारा बैठने पर तीन साल का प्रतिबंध लगाया जायेगा वहीं परीक्षा केंद्र पर तोड़फोड़ करने पर पांच साल का प्रतिबंध होगा राज्य परिवहन विभाग बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जन भागीदारी पीपीपी मोड पर बसों का परिचालन करेगा विभाग के अनुसार बीस मार्गों पर तिहत्तर बसें चलायी जायेंगी इसके लिये बस संचालकों से आवेदन मांगा गया है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पच्चीस मार्गो पर दोनों राज्यों के परिवहन निगम की बसों के परिचालन की अनुमति है

विभाग के निदेशक राजकुमार ने बताया कि इन गृहों में गड़बड़ियां पाये जाने के बाद यह ओदश दिया गया है उधर मुजफ्फरपुर जिले की बालिका गृह की संचालिका समेत कई महिला कर्मियों को यौन हिंसा और शोषण मामले के फांडाफोड़ के बाद हिरासत में ले लिया गया है पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है चुनाव आयोग ने चुनावों में अनियमितता की शिकायत मोबाइल एप पर देने की व्यवस्था की है मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी गड़बड़ी और गलत तौर तरीकों को आयोग के मोबाइल एप के माध्यम से उजागर करने वालों की पहचान को स्रक्षित रखा जायेगा उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट रूप में इसे वर्तमान में हुये चुनावों और उपचुनावों में प्रयोग किया गया था जिसमें लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायी थी रेलवे ने पटना से बक्सर के बीच चलने वाले पैसेंजर ट्रेनों की गति बढ़ाने का निर्णय किया है रेल मंत्रालय के ऑपरेशन रफ्तार के अंतर्गत इन ट्रेनों की गति बढ़ायी जायेगी

पटना में आज यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पचहत्तर केंद्रों पर होगी जिसमें लगभग छत्तीस हजार छात्र शामिल होंगे परीक्षा को देखते हुये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं वहीं आयोग ने कहा है कि अगर कोई छात्र किसी कारणवश दूसरे केंद्र पर पहुंच जाता है तो केंद्राधीक्षक उसकी परीक्षा लेंगे जिसका निर्णय बाद में आयोग करेगा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद राज्य में इलेक्ट्रोनिक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिये यूनिट की स्थापना करने वालों को मदद करेगा परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में एक भी इस प्रकार का यूनिट नहीं है जिसके कारण इलेक्ट्रोनिक कचरों को निपटाने में काफी कठिनाई आती है राज्य के नौ सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक खोले जायेंगे रक्त सुरक्षा के उपनिदेशक एन के गुप्ता ने बताया कि सभी अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड केंद्र खोलने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के सभी छह मेडिकल कॉलेज और तीस जिलों के अस्पतालों में ब्लड बैंक काम कर रहा है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने एनसीइआरटी पाठयक्रम को आधे से कम करने का निर्णय किया है उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन जुलाई में संसद में पेश किया जायेगा खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि बरसात के मौसम में बालू का भंडारण करने के लिये लाइसेंस जारी किया जायेगा विभाग के उपनिदेश संजय कुमार ने बताया कि एक जुलाई से तीस सितंबर तक नदियों से बालू का उत्खनन बंद रहेगा इस दौरान बालू की कमी नहीं हो इसके लिये नई व्यवस्था की जा रही है जालंधर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में राज्य की यासिता सिंह और प्रसन्ना श्रीवास्तव की जोड़ी ने डबल्स खिताब पर कब्जा कर लिया छह से आठ जून तक भोपाल में आयोजित होने जा रही पच्चीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता के लिये बिहार की बालक और बालिका टीम की घोषणा कर दी गयी है अंकित राज को बालक टीम जबकि जहान्वी शर्मा को बालिका टीम का कप्तान बनाया गया है पटना के माईनुल हक स्टेडियम में अगामी चौदह जून से सीएसए टैलेंट अंडर फोर्टीन क्रिकेट का आयोजन किया जायेगा सात से दस जून तक चंडीगढ़ में आयोजित हो रहे दसवीं सिनियर नेशनल ड्रॉप रो बॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राज्य टीम का चयन कल पटना में किया जायेगा

राज्य सरकार ने एक जनवरी उन्नीस सौ नवासी के इन्हें मान्यता दे दी है इस तिथि से ही उन्हें वेतन और अन्य सुविधाओं के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है सारण जिले में पुलिस ने सड़क निर्माण कर रहे एक संवेदक से लेवी मांगने के आरोप में एक नक्सली को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ की जा रही है मधुबनी जिले में लगभग अस्सी लाख रूपये के फर्जी निकासी के आरोप में बेनीपट्टी पंचायत के पूर्व मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वहीं समस्तीपुर जिले के बारिशनगर थाने के लखनपट्टी गांव में एक विवाद में पूर्व मुखिया की हत्या कर दी गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है संपूर्णक्रांति दिवस पांच जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण और मुजफ्फरपुर जिले की पंद्रह पंद्रह महिलाओं से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे मुंगेर जिले बरियारपुर के आशा टोला में वाहन चालकों से अवैध वसूली करते एक होमगार्ड जवान को एसपी गौरव मंगला ने मौके पर ही पकड़ लिया जिसे बाद में जेल भेज दिया गया अखबारों की सुर्खियां अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सुबे के संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी होगी दैनिक जागरण ने अब फुटपाथ पर खाइये फाइव स्टार फुचका मोमोज को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने लिखा है अरबाज ने कबूला क्रिकेट में पांच छह साल से लगा रहा सट्टा प्रभात खबर ने पटना के आदर्श को गुगल में मिला एक करोड़ का पैकेज को अपनी बड़ी सुर्खी बनाया है